नीमच निवासी पुवक की अहमदाबाद में रिपोर्ट पोसिटिव आई है

उन्होंन कहा है कि थकन पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा श्री मोदी न ह बात बुद्ध पूर्णिमा पर आपोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही

श्रम कानून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्रम कानूनों में कुछ बदलावों की घोषणा कर सकत हैं जिसमें न्यूनतम प्रतिबंधों का साथ कारखानों में अधिकतम उत्पादन की अनुमति भी शामिल होगी

सागर जिले के बंडा थाना अं र्ग छ रपुर हाईवे पर मुंबई से इलाहाबाद और आसपास के जिलों से मजदूरों को लेकर जा रहे पिकअप को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी मौके पर पीन मजदूरों की मौप हो गई है